आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने पूर्ण बजट प्रस्तुत करने की बजाए चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान पेश किया है

इसके साथ ही सदन में आज अनुपूरक बजट भी पेश किया गया मंहगाई भत्ता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बढोतरी इस साल की पहली जनवरी से लाग होंगी

इस अध्यादेश में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोडने को अपराध करार दिया गया है और इसके लिए तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है रेलमंत्री गोयल रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेल विभाग में भर्ती अभियान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध होगा एक टवीट में रेलमंत्री ने कहा कि इससे वर्तमान कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा सरकार ने भारतीय रेल में एक लाख तीस हजार रिक्त पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किये हैं

इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजुद रहेंगे जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ऋणमाफी सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि किसानों की फसल ऋणमाफी में गड़बडी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेंगी श्री सिंह ने कहा है कि कई सोसायटियों के प्रबंधकों और कर्मचारियों के खिलाफ गलत तरीके से ऋण निकालने सरकारी कर्मचारियों के नाम पर ऋण निकालने और रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने की शिकायतें मिली है इन शिकायतों की जांच की जा रही है

कार्यक्रम का श्भारंभ संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ करेंगी इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर और सांसद नागेन्द्र सिंह भी मौजूद रहेंगे पहले दिन दिल्ली की लिप्सा सत्पथी ओडिसी जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम और गुवाहाटी की मृदुस्मिता दास और साथी नृत्य की प्रस्तुति देंगे

वे लम्बे समय से बीमार थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उनका इलाज चल रहा था

उन्होंने कविता के नए प्रतिमान छायावाद आलोचना और संवाद पूर्व रंग वाद विवाद और संवाद और दूसरी परंपरा की खोज सहित अनेक कृतियों का सृजन किया